राज्यपाल ने कहा कि कोविड नाइंटीन के दौरान भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय

इसके लिए केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डॉटा बेस तैयार किया जा रहा है जो टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय करने में सहायक होगा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि टीकों के भंडारण और रखरखाव के लिए राज्य के पास पर्याप्त व्यवस्था है इनके सुरक्षित रखरखाव के लिए अभी पांच सौ तीस कोल्ड चेन प्वाइंट क्रियाशील हैं साथ ही अस्सी नए कोल्ड चेन प्वाइंट भी शुरू किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि वर्तमान में टीकों को सुरक्षित रखने की क्षमता एक लाख पांच हजार लीटर है जो कि आवश्यकता से साठ हजार लीटर अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति और राज्य कार्यबल समिति का गठन किया गया है वहीं सभी जिलों में जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है कोरोना जागरूकता प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अभियान तो चलाए ही जा रहे हैं लेकिन आम नागरिक भी इसमें अपनी पूरी सहभागिता निभा रहे हैं राज्य के बालोद जिले की तीन बच्चियों ने एक छत्तीसगढ़ी गीत के जरिये लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपाए अपनाने की सलाह दी है इस गीत में रेखा शर्मा सरिता देवांगन और रिया दास ने लोगों को मास्क पहनने सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने और बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया है

नवम्बर महीने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनें घरों में जाकर बच्चों के अभिभावकों और अन्य पारिवारिक सदस्यों को बच्चों में होने वाली वृद्धि की निगरानी से संबंधित परामर्श देंगी इस दौरान बच्चे के गंभीर कुपोषित पाए जाने पर उन्हें अस्पताल या पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भेजा जाएगा इस दौरान दीवार लेखन और वाट्सएप ट्वीटर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का उपयोग कर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान का महत्व बताया जाएगा जन जागरूकता के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से डिजिटल प्लेटफार्म के जरिये नारा लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा वहीं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्व सहायता समूह के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों द्वारा वृद्वि निगरानी के महत्व पर चर्चा की जाएगी इस विषय पर पर वेबीनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे अनिला भेंड़िया दौरा मुआवजा प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने आज बालोद जिले के डौण्डी विकासखण्ड में हाथियों के विचरण से प्रभावित जबकसा खुर्सीटिक्र और लिमऊडीह गाँवों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर हाथियों के विचरण से हुई फसल और संपत्ति के नुकसान की जानकारी ली श्रीमती भेंड़िया ने ग्रामीणों से कहा कि हाथियों के विचरण से हुए नुकसान के एवज में मुआवजा राशि शासन के नियमानुसार दी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्वेच्छानुदान से पन्द्रह पन्द्रह हजार रूपए भी दिए जाएंगे श्रीमती भेंड़िया ने जबकसा गांव में एक ग्रामीण के अट्ठारह वर्षीय दिव्यांग पुत्र को व्हील चेयर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए इस बीच कोरिया जिले के खड़गवां विकासखंड में हाथियों के हमले में दो मवेशियों की मौत हो गई इन हाथियों ने बीती रात मुगूम बारी बड़ेकलवा धनपुर कांसाबहरा और खैरबहरा गांव में उत्पात मचाया था जिससे कुछ ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचा वहीं पन्द्रह ग्रामीणों की फसलें चौपट हो गई हैं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गांव में पहुंच गई है ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाईश दी गई है बताया जाता है कि इस इलाके में चालीस से अधिक हाथियों का दल कुछ दिनों से विचरण कर रहा था जो कल रात गांव में उत्पात मचाने के बाद जंगल की ओर लौट गया किसान प्रदर्शन प्रदेश में धान खरीदी जल्द शुरू करने की मांग और केन्द्र के तीन कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों ने आज राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किया इसी कड़ी में धमतरी बालोद और कांकेर जिले के किसानों ने ग्राम पंचायत पुरूर में धरना प्रदर्शन किया

बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद ये मुख्य मार्ग से हटने को तैयार हो गए इस दौरान कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही वहीं महासमुंद जिले के घोडारी गांव में आज राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया इधर दुर्ग और बालोद जिले के किसानों ने आज दुर्ग स्थित मिनीमाता चौक पर चक्काजाम किया छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले ये किसान प्रदेश में धान खरीदी जल्द शुरू करने के साथ छह अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे युवा मोर्चा पत्रकारवार्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने आरोप लगाया है कि बीते करीब दो वर्षो के कार्यकाल में राज्य की कांग्रेस सरकार ने न तो युवाओं को अब तक रोजगार उपलब्ध कराया है और न ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वादाखिलाफी को उजागर करने के लिए युवामोर्चा जल्द ही आंदोलन शुरू करेगा आज दंतेवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार गरीबों को मुफ्त चावल दे रही है उन्होंने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश से लेकर विकासखंड स्तर तक योग्य कार्यकर्ताओं को जल्द ही नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी

इसे स्थानीय बोली में लोन वर्राटू अभियान कहा गया है पुलिस के इस अभियान से प्रभावित होकर आज दंतेवाड़ा जिले में एक माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस इनामी माओवादी ने नेरली के सीआरपीएफ कैम्प में अपनी भरमार बंदूक के साथ समर्पण किया उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत समर्पण करने वाले माओवादी को दस हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है गौरतलब है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत बीते चार महीनों के दौरान इंक्यावन इनामी माओवादियों सहित कुल एक सौ अठासी माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं

आज राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड की राज्य प्रबंधन समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई इस मौके पर झंडा दिवस के उपलक्ष्य में सर्वाधिक धनराशि एकत्रित करने वाले कलेक्टर और जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को गवर्नर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी

लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की बारहवीं कड़ी का प्रसारण रविवार आठ नवंबर को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई खेलकूद और भविष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफ एम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजधानी स्थित अपने शासकीय आवास पर इन पोस्टरों का विमोचन किया इन पोस्टरों में वायु प्रदूषण और इसके खतरों के बारे में बताया गया है इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन पोस्टरों के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों के साथ ही इससे होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में जागरूक करने में मदद मिलेगी हाईस्कूल हायरसेकेंडरी पूरक आवेदन माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल हायर सेकेंडरी और व्यावसायिक मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों को पूरक परीक्षा के साथ दूसरी बार पूरक परीक्षा देने की पात्रता है वे अब आठ नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि तक मंडल की वेबसाइट में आवेदन कर सकते हैं इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब विद्यार्थी ई छात्रवृत्ति पोर्टल पर तीस नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदनों की जांच पहले महाविद्यालय स्तर पर की जाएगी इसके बाद आवेदनों का परीक्षण माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा इधर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम की पूरक परीक्षा में शामिल सभी अंठावन विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर में पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा की सीटीईटी परीक्षा चौदहवीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इकतीस जनवरी दो हजार इक्कीस को आयोजित की जाएगी इससे पहले सीटीईटी परीक्षा इस साल पांच जुलाई को पूरे देश के एक सौ बारह शहरों में होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के कारण परीक्षा अब एक सौ पैंतीस शहरों में आयोजित की जाएगी नए परीक्षा केन्द्रों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सहित लखीमपुर नागांव बेगूसराय गोपालगंज पूर्णिया रोहतास हजारीबाग जमशेदपुर लुधियाना अंबेडकरनगर बिजनौर बुलंदशहर गोंडा मैनपुरी प्रतापगढ़ शाहजहांपुर सीतापुर और उधमसिंह नगर शामिल हैं सीटीईटी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीटीईटी डॉट एनआईसी डॉट इन पर शहरों की एक सूची भी उपलब्ध है

यह परीक्षा रायपुर शहर के तीस केन्द्रो पर सुबह दस से बारह बजे तक होगी वहीं संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा आठ नवंबर को होगी इसके लिए रायपुर शहर में आठ परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं यह परीक्षा तीन पालियों में होगी परीक्षा के संचालन के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक छह को कंट्रोल रूम बनाया गया है छठ पूजा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार छठ पूजा पर भी सामूहिक आयोजन नहीं होंगे दुर्ग जिले में छठ पूजा आयोजन को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में छठ पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई इसमें निर्णय लिया गया कि इस बार छठ पर तालाब और घाटों में सामूहिक स्तर पर आयोजन नहीं होंगे बल्कि लोग अपने अपने घरों में प्रतीकात्मक तालाब बनाकर सूर्य देव की आराधना करेंगे इससे पहले अंबिकापुर सहित कुछ अन्य जिलों में भी छठ प्रजा के अवसर पर नदी तालाबों के घाटों पर सामूहिक आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है गौरतलब है कि आगामी बीस नवंबर को छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा जवान मौत बीजापुर जिले के चिनाकोड़ेपाल में आज केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई यह जवान तलाशी अभियान के लिए अन्य जवानों के साथ सुबह निकला हुआ था पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि सीआरपीएफ की एक सौ सत्तरवीं बटालियन में पदस्थ यह जवान शिकारियों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए बिजली के तार की चपेट में आ गया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई इस बीच जांजगीर के पंतौरा क्षेत्र में भी आज जानवरों को फंसाने के लिए लगाए गए बिजली तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है जांजगीर अपहरण जांजगीर जिले के बलौदा में जिस स्कूली बच्चे को अगवा कर लिया गया था पुलिस ने उसे अपहरणकर्ताओं के कब्जे से छुड़ा लिया है पुलिस ने इस मामले में पांच लाख रूपए की फिरौती मांगने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है

बच्चे को अपहरणकर्ताओं से बचाने के मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दोनों जिलों की पुलिस को बधाई दी है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज कोंडागांव में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित छह मामलों की सुनवाई की दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है इससे पहले वे भिलाई स्थित सेक्टर नौ अस्पताल में पिछले चार दिनों से भर्ती थे देशभर में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ आज रायपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जगदलपुर में चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करने वाले आठ वाहनों पर खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की जांजगीर चांपा जिले के रायपुरा गांव में पिछले दिनों एक घर में क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर डकैती डालने वाले सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके पास से पैंतालीस हजार रूपए नगद करीब डेढ़ लाख रूपए के जेवरात और एक देशी पिस्टल बरामद की गई है बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर निजी कंपनी में निवेश कराने और करोड़ों रूपए की ठगी करने के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है ये सभी रियल स्टेट कंपनी के संचालक और एजेंट है